अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए कृषि विषेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह समस्या का उचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है और न्यायालय के पास कानूनों को निलंबित करने की शक्ति है मुख्य न्यायाधीष एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छ्क हैं वे समिति के समक्ष अवष्य उपस्थित होंगे उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्षनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हें मुख्य न्यायाधीष ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेष पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है न्यायालय ने छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने संबंधी दिल्ली पुलिस की याचिका पर किसान संगठनों को नोटिस भी जारी किया

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि आज नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाष जावड़ेकर ने कहा कि पुणे से कोलकाता और देष के अन्य भागों में कोरोना के टीके रवाना किए जा रहे हैं और विष्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन लगाने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है

इसके लिए राज्य में निन्यानवे टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ निजी अस्पतालों में टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं उन्होंने बताया कि को विन ऐप में प्रदेश के सभी स्वास्थ्यकर्मियों का डाटा रजिस्टर्ड कर लिया गया है पंजीयन के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र की जरूरत होगी डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि चयनित लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टीकाकरण की जगह समय और तारीख का संदेश भेजा जाएगा उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगाने वाले वैक्सीनेटर को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है एक वैक्सीनेटर एक दिन में सौ लोगों को टीका लगाएगा वैक्सीन की पहली खुराक के अट्ठाईस दिनों के अंदर दूसरी खुराक लेना होगा डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि आमतौर पर दो हफ्तों के अंदर एंटीबॉडी विकसित होता है डॉक्टर शुक्ला ने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना संक्रमण के बचाव के उपायों का पालन करना जरूरी होगा

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि टीकाकरण कार्य में स्वास्थ्य विभाग के करीब सौ अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है इधर राजनांदगांव में भी सोलह जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण के लिए चौदह हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों ने अपना पंजीयन कराया है टीकाकरण के पहले चरण में केवल चार बूथ से टीके लगाए जाएंगे जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए जिले में चौव्वन कोल्ड स्टोरेज चेन की व्यवस्था की गई है इस बीच प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के आंकड़े दो लाख नब्बे हजार के पार हो चुके हैं वर्तमान में करीब साढ़े आठ हजार मामले सक्रिय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक कल प्रदेश में कोरोना संक्रमित साढ़े आठ सौ मरीजों की पहचान की गई वहीं कल तेरह लोगों की कोरोना से मौत हो गई गणतंत्र दिवस राज्य में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देजनर राज्य सरकार ने छब्बीस जनवरी के कार्यक्रम को लेकर राज्य जिला और जनपद स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके अनुसार सभी कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन सुनिश्चित करना होगा वहीं इन कार्यक्रमों में स्कूली विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे इस बार किसी भी समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण करेंगी और जनता के नाम अपना संदेश देंगी इस कार्यक्रम में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले चिकित्सकों पुलिसकर्मियों स्वास्थ्यकर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनका सम्मान किया जाएगा

राजधानी रायपुर और अन्य जिला मुख्यालयों में मुख्य समारोह सुबह नौ बजे से शुरू होगा इसे देखते हुए शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम सुबह आठ बजे से पहले संपन्न कर लिया जाएगा गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी रात्रि के समय सभी शासकीय और सार्वजनिक स्थलों पर रौशनी की जाएगी बर्ड फ्लू राजनांदगांव में वन विभाग के विश्राम गृह परिसर में आठ कौवें मृत पाए गए हैं बर्ड फ्लू की आशंका के चलते इन मृत कौवों के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं पशु चिकित्सा सेवा के उप संचालक डॉक्टर राजीव देवरास ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इन कौवों की मौत किन वजहों से हुई है हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पिछले दिनों छुरिया और राजनांदगांव में मृत मिले कौवों की जांच में बर्ड फ्लू के कोई भी लक्षण नहीं मिले हैं

देष के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विष्व को भारतीय अध्यात्म वेदांत और योग से परिचित कराया स्वामी विवेकानंद की जयंती देष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की विवेकानंद जयंती के मौके पर आज छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पृष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश को यह संदेश दिया था कि देश की युवा पीढ़ी ही देश को शक्तिशाली बना सकते हैं इस मौके पर राज्यपाल ने विधानसभा के विभिन्न स्थानों का अवलोकन भी किया वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आज राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया इस मौके पर खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने राज्य में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यों को दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया इसी तरह धमतरी में एक कार्यक्रम में महापौर विजय देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी गई वहीं जांजगीर चांपा जिले के चांपा स्थित विवेकानंद उद्यान में भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर स्वामी विवेकानंद का स्मरण किया गया सिंहदेव समीक्षा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायतों का काम सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं श्री सिंहदेव ने आज पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की उन्होंने ग्रामीणों की छोटी छोटी समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए पंचायत स्तर पर साप्ताहिक बैठक के लिए दिन निर्धारित करने को कहा इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कोरबा में बनाए गए नये डायलिसिस केन्द्र का आज वर्चअल शुभारंभ किया दुर्ग कांकेर बिलासपुर महासमुंद और बीजापुर के बाद कोरबा छठवां ऐसा जिला है जहां डायलिसिस केन्द्र की स्थापना की गई है इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि इस केन्द्र के बनने से अब मरीजों को डायलिसिस की सुविधा आसानी से मिलेगी और उन्हें अधिक राशि भी खर्च नहीं करना पड़ेगी

केन्द्र सरकार ने जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति सुधारने के लिए वर्ष दो हजार पंद्रह से कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना की शुरूआत की है योजना में लोक स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और बेहतर सेवा मुहैया कराने वाले अस्पतालों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिए जाते हैं इसके तहत मुंगेली के जिला अस्पताल और लोरमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रथम रैंक हासिल हुआ है भाजपा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कल तेरह जनवरी को राज्यभर में प्रदर्शन किया जाएगा यह प्रदर्शन नब्बे विधानसभा क्षेत्रों में होगा वहीं बाईस जनवरी को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है भाजपा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानी बोनस राशि के वितरण पिछले साल के धान खरीदी का पूरा भुगतान न होने बारदाने और गिरदावरी में कमी के साथ ही किसानों की आत्महत्या के विरोध में यह प्रदर्शन होगा रायपुर शहर के संतोषी नगर मार्ग पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे धान खरीदी प्रदेश में कल ग्यारह जनवरी तक छियासठ लाख पचहत्तर हजार मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है अब तक राज्य के करीब साढ़े सोलह लाख किसान समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके हैं वहीं राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है राज्य में इस बार नवासी लाख टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है अब तक सड़सठ लाख मीटरिक टन से अधिक धान का उपार्जन किया जा चुका है वर्तमान स्थिति में शेष धान के उपार्जन के लिए करीब एक लाख आठ हजार गठान बारदानों की जरूरत पड़ेगी इस बीच बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने आज समय सीमा की बैठक में धान खरीदी की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को धान की सामान्य से ज्यादा आवक होने पर निगरानी के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सत्यापित रकबे के आधार पर ही धान खरीदी की जाए मुख्यमंत्री दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम क्षेत्र के लिए चौदह करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया उन्होंने रिसाली नगर निगम में तत्काल तीस बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू करने के निर्देश दिए इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में बारदानों की कमी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए राईस मिलर्स और पीडीएस की दुकानों से बारदानों की व्यवस्था की जा रही है कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे हज आवेदन आमंत्रित केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने हज यात्रा दो हजार इक्कीस के लिए भारत से जाने वाले हज यात्रियों की चिकित्सा सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति पर शासकीय मुस्लिम चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ से आवेदन आमंत्रित किए हैं राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत् शासकीय मुस्लिम चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ आगामी पांच फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं प्रतिनियुक्ति की अवधि दो से तीन माह के लिए होगी मेडिकल टीम के साथ काउंसल जनरल ऑफ इंडिया के अधीन को ऑडिनेटर हज अधिकारी और हज सहायक के पदों पर भी कार्य करने के लिए शासकीय मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इन नियुक्तियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट और राजधानी रायपुर स्थित राज्य हज कमेटी के द्रभाष क्रमांक शुन्य सात सात एक चार दो छह छह छह चार छह पर संपर्क किया जा सकता है

प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर पंद्रह जनवरी से यह प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार दूर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित शासकीय हाईस्कूल सूरपा का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महंत पोसूदास के नाम पर किया गया है इसी तरह बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बिलाईगढ़ की शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय परमेश्वर दयाल मिश्र के नाम पर किया गया है उच्च शिक्षा मंत्री उमेश नंदक्मार पटेल के नाम से संचालित ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है उच्च शिक्षा मंत्री कार्यालय द्वारा इसकी सूचना साइबर सेल को दे दी गई है छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है सरगुजा जिले के अंबिकापुर में इस हड़ताल का भाजपा नेताओं ने समर्थन किया है वहीं धमतरी में भी पंचायत सचिव और रोजगार सहायक धरने पर बैठे हुए हैं जांजगीर की एसडीएम ने विकास कार्य में अनियमितता के मामले में सेमरा ग्राम पंचायत के सरपंच को निलंबित कर दिया है राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ द्वारा धमतरी के गंगरेल जलाशय में ड्रबते व्यक्ति को बचाने के लिए आपातकालीन जीवन रक्षा कार्य का मॉकड्रिल किया गया इस अवसर पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे दुर्ग जिले के धमधा में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई